इस मौके मुख्य सचिव ने वरिष्ठ अधिकारियों को राष्ट्रपति के दौरे को लेकर व्यापक सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए

इसमें प्रदेश भर को काष्ठ प्रस्तर धातु और हस्तशिल्पी भाग लेंगे इस दौरान कलाकारों द्वारा तैयार कलाकृतियां विक्रय के लिए उपलब्ध रहेंगी मेले में प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा लगाए जाने वाले हिमाचली व्यंजनों के स्टॉल भी आकर्षण का केन्द्र रहेंगे वैज्ञानिक न्यूजीलैंड के विशेषज्ञों ने हमीरपुर ज़िले के भूपल में कल एक कार्यशाला में बागवानों को नींबू प्रजाति के फलों के बेहतर प्रबंधन की जानकारी दी गौरतलब है कि प्रदेश बागवानी विकास परियोजना के तहत राज्य के सबट्रॉपिकल इलाकों में पैदा होने वाले फलों को लेकर न्यूज़ीलैंड के विशेषज्ञों का एक दल हिमाचल के मैदानी क्षेत्रों के दौरे पर है विश्व बैंक पोषित प्रदेश बागवानी विकास परियोजना के तहत टैम्परेट फलों की तरह आम लीची अमरूद और नींबू प्रजाति फलों को सघन बागवानी के तहत लाया जा रहा है स्वच्छता अभियान कुल्लू के उपायुक्त यूनुस ने कहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर जिले में स्वच्छता कार्यकम आयोजित किए जाएंगे

उपायुक्त ने बताया कि पांच जून तक हर दिन चरणबद्ध ढंग से स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा जिसमें विभिन्न विभागों युवक व महिला मंडलों और अन्य संस्थाओं के कार्यकर्ता भाग लेंगे जागरूकता कार्यक्रम बिलासपुर ज़िला न्यायालय परिसर में कल ज़िला व सत्र न्यायाधीश प्रवीण चौहान की अध्यक्षता में मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया इस मौके उन्होंने कहा कि मध्यस्थता कार्यक्रम लोगों के आपसी विवादों को निपटाने में अहम भूमिका निभाता है उन्होंने कहा कि न्यायालयों में लंबित मामलों को मध्यस्थता के आधार पर दोनों पक्षों की सहमति से निपटाया जाता है एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है शिमला में ऊंचे निर्माण पर एनजीटी ने प्रदेश सरकार से मांगा जवाब पंजाब केसरी का शीर्षक है प्लानिंग एरिया में ऊंचे भवन निर्माण मामले में एनजीटी में सुनवाई टली दैनिक भास्कर लिखता है एनजीटी में रिव्यू पिटीशन में सरकार का तर्क आबादी बढ़ने से ज्यादा मकानों की जरूरत चार मंजिला भवन बनाने की दी जाए इजाजत पूर्व सरकार पर एक और जांच इटली से लाए जा रहे पौधों का रिकार्ड खंगालेगी जयराम सरकार शीर्षक से खबर को दिव्य हिमाचल ने प्रमुखता दी है जबकि दैनिक जागरण लिखता है कागजों में लहलहाई कांग्रेस की बागवानी बागवानों को सबसिडी पर आवंटित सेब के पौधों में गड़बड़झड़ाला आपका फैसला ने बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह के हवाले से लिखा है नर्सरियों पर सबसिडी में घपले की आशंका होगी जांच हिमाचल दस्तक ने खबर दी है मुख्यमंत्री शिक्षक सम्मान योजना बंद अब इसकी जगह कोई नई स्कीम लाएगी राज्य सरकार ट से टेंट और ब से बरसात पढ़ रहे ठेहड़ स्कूल के विद्यार्थी शीर्षक से अमर उजाला लिखता है एक साल से चार दीवारों पर टेंट लगाकर हो रही पढ़ाई अंधड़ बारिश होने पर हो जाती है छुट्टी इसी समाचार पत्र के अनुसार एचपीसीए को रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने जारी किया कारण बताओ नोटिस कर्नाटक विधानसभा चुनाव परिणाम पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बयान को दैनिक सवेरा टाइम्स ने सुर्खी दी है पीएम मोदी के नेतृत्व में फिर बनेगी भाजपा सरकार जबकि दैनिक जागरण ने लिखा है हार के बाद आती है ईवीएम में खराबी की याद एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दिव्य हिमाचल ने अपने संपादकीय हिमाचली सुशासन की लागत में लिखा है कि सरकारी कार्यसंस्कृति में सुशासन को बसाने के लिए कई कड़े कदम आवश्यक हैं लेकिन इससे प्रशासन की सहजता सरलता पर आंच नहीं आनी चाहिए